पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी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

उन्होंने कहा कि कुल्लू बस अड्डे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे मार्च महीने तक लोगों को समर्पित किया जाएगा

इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनाली के समीप दशाल गांव जाकर भाजपा के पूर्व विधायक चन्द्रसेन ठाकुर की मृत्यु पर अफसोस जताया और परिजनों को सांत्वना दी जयराम ठाकुर ने कहा कि चन्द्रसेन ठाक्र ने क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए बाद में मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के घर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी शिक्षामंत्री गोविंद ठाक्र विधायक सुरेन्द्र शौरी और जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे बर्फानी तेंदुए हिमाचल प्रदेश बर्फानी तेंद्ए व इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राज्य वन विभाग के वन्यप्राणी प्रभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउण्डेशन बेंगलुरू के सहयोग से प्रदेश में बर्फानी तेन्दुए की आबादी का आकलन पूरा किया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के स्नो लैपर्ड पोपुलेशन असैसमेन्ट इन इण्डिया के प्रोटोकोल के आधार पर बर्फानी तेन्दुए का इस तरह का आंकलन करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है बर्फानी तेन्दुआ हिमाचल का राज्य पश् है

वन मन्त्री राकेश पठानिया ने इस प्रयास के लिए वन्यप्राणी प्रभाग की सराहना की है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन में लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी भारद्वाज ने कृष्णानगर में बने अम्बेडकर भवन में रह गई कृछ कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आहवान भी किया

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मतदान के बाद कल ही ठियोग खण्ड के सभी रूके हुए वार्डो की मतगणना की जाएगी गौरतलब है कि बैलेट पेपर में मतदाताओं का नाम लिखा होने के कारण ये चुनाव दोबारा करवाए जा रहे हैं पूर्ण राज्यत्व तैयारी प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं

उन्होंने विभिन्न सौन्दर्यीकरण व स्तरोन्नत योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया

उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए

शीतकालीन खेल जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से शीतकालीन खेलों की संभावनाएं बढ़ गई हैं शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और राज्यस्तरीय स्कींईग प्रतियोगिता आयोजित कराने की सम्भावनाओं को लेकर ऑल इंडिया स्की व स्नो बोर्ड फैडरेशन के महासचिव रूप चंद नेगी के नेतृत्व में आज एक विशेषज्ञ दल ने घाटी में स्की स्लोव का दौरा किया शीतकालीन खेलों के राज्य अध्यक्ष लुदर ठाकुर ने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार लाहौल में स्की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी फैंडरेशन के महासचिव रूप चंद नेगी ने बताया कि घाटी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा